छापेमारी में मोतिहारी से एक और गया से चार पुलिसकर्मियों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया

प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बिहार से सत्तर विद्यार्थी भाग लेंगे सोमवार बीस जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा प्रधानमंत्री प्रश्नों के उत्तर देंगे और विद्यार्थियों से तनाव से निपटने के बारे में बातचीत करेंगे फरवरी दो हजार अठारह में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के पहले संस्करण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माता पिता से अपील की थी कि वे अपने बच्चों की उपलब्धियों को सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय न बनाएं

तो उनके मन में रस्ता है कि मै वहां मुंरु दिखाने तायक नहीं हूँ उसका तो बेटा यहां पहुंच गया उसकी तो बेटी वहां पहुंच गई

और अगर हो सके तो गाड़ी में जाते होंगे तो पहले अपनी पत्नी को डांटते होंगे कि तूने क्या सिखाया और घर पहुंचते ही तुम मिल गये सामने तो खेल खत्म और इसलिए मै अनिमावकों को करता हूं कि आप इसको सोशल स्टेट्स मत बनाईये आप उनके बेटे के सामर्थय से अपने बेटे की कंयेरिजन मत करिये दरभंगा के एमएलएसएम कॉलेज के ग्यारहवीं के छात्र सत्यम झा कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर काफी उत्साहित हैं और उनके मन में काफी सवाल हैं जो वे प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं

उन्होंने बताया कि अभी पटना में दो और दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर में इस प्रकार के एक एक लैब काम कर रहे हैं श्री कुमार ने बताया कि मरीजों की सुविधा के लिये बाईस जिलों के अठानवे शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्लेटलेट्स सहित रक्त संबंधी अन्य जांचों के लिये सीबीसी मशीन की स्थापना की गयी है पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी ने कहा है कि इस साल के अंत तक कोसी रेल महासेत् से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जायेगा सहरसा में पत्रकारों से बातचीत में श्री त्रिवेदी ने कहा कि कोसी इलाके को मिथिलांचल से जोड़ने का काम तेज गति से चल रहा है उन्होंने बताया कि अगले एक से डेढ़ महीने के भीतर सहरसा से सरायगढ़ के बीच भी ट्रेन परिचालन शुरू हो जायेगा श्री त्रिवेदी ने कहा कि सहरसा से फारबिसगंज को जोड़ने के लिये इस साल के अंत तक की समय सीमा निर्धारित की गयी है पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में महाप्रबंधक ने बताया कि पटना से सहरसा के लिये जल्द ही रात में ट्रेन का परिचालन शुरू होगा देश में तेजी से विकास करने वाले रेलवे स्टेशनों में प्रदेश के दो स्टेशन शामिल किये गये हैं स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत सर्वे की रिपोर्ट की रैंकिंग में सासाराम को पांचवां और औरंगाबाद के अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन को दसवां स्थान मिला है मानव श्रृंखला को लेकर कल पटना की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है सुबह छह बजे से दिन के ढाई बजे तक सड़कों पर बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गयी है वहीं छोटे वाहन भी सुबह साढ़े नौ से दोपहर एक बजे तक नहीं चलेंगे ट्रैफिक एसपी डी अमरकेश ने बताया कि यातायात सामान्य होने तक मोकामा टोल प्लाजा गांधी सेतु नदौल कादिरगंज दनियावां हरनौत और कोईलवर से पटना की ओर आने वाले बड़े वाहनों का परिचालन बंद रहेगा वहीं महाबलीपुर से ट्रकों और व्यावसायिक वाहनों के प्रवेश पर आज सुबह से ही रोक लगा दी गयी है कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता सदानंद सिंह ने पार्टी लाईन से अलग जाकर कल बनने वाली मानव श्रृंखला का समर्थन किया है श्री सिंह ने कहा है कि यह अभियान देश और समाज के हित में है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिये मानव श्रृंखला का राजद विधायक महेश्वर यादव फराज फातमी और विधान पार्षद संजय प्रसाद ने भी समर्थन किया है प्रदेश की सभी पुलिस लाईन में हुयी छापेमारी के दौरान पटना मोतिहारी और गया सहित आधा दर्जन से अधिक पुलिस लाईनों में शराब पीने के सबूत मिले हैं वहीं मोतिहारी से एक और गया से चार पुलिसकर्मियों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है पटना पुलिस लाईन से सैकड़ों की संख्या में शराब की खाली बोतलें बरामद की गयी हैं सभी बोतलों को जांच के लिये सुरक्षित रखा गया है प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान छह हजार नौ सौ बहत्तर हजार मीट्रिक टन दूध का उत्पादन हुआ है पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि इस बार द्र्ध उत्पादन में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में छह प्रतिशत बढ़ोतरी की संभावना है श्री कुमार ने बताया कि अंडा उत्पादन में पैंतीस प्रतिशत मछली में पंद्रह और मांस में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी हुयी है प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के हर वार्ड में नल का जल योजना के तहत आपूर्ति की जा रही पेयजल के नमूने की जांच की जायेगी इस संबंध में पंचायती राज विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश निर्गत किया है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की बारिश का प्रर्वानुमान व्यक्त किया है विभाग ने कहा है कि प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में एक चक्रवाती दबाव का क्षेत्र बना हुआ है जिसके प्रभाव से हल्की ब्रंदाबांदी हो सकती है इधर पिछले पांच दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में दस से बारह जबकि न्यूनतम तापमान में चार से पांच डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुयी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ज्वाइंट इंट्रेंस एक्जामिनेशन जेईई मेन का परिणाम जारी कर दिया है इनमें नौ छात्रों को सौ परसेंटाईल मिला है बिहार के शुभ कुमार निन्यानवे दशमलव नौ नौ प्रतिशत परसेंटाईल प्राप्त कर स्टेट टॉपर बने हैं बिहार राज्य पथ परिवहन निगम राज्यभर के एक सौ एक रूट पर डेढ़ सौ से अधिक बसों का परिचालन करेगा विभाग ने इसके लिये लोक निजी भागीदारी के तहत वाहन मालिकों से पांच फरवरी तक आवेदन मांगा है पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आयोजित महिला टी ट्वेंट्ी सीरीज में आज इंडिया बी का मुकाबला बांग्लादेश की टीम से होगा भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी और पूर्व डीआईजी बृज बिहारी प्रसाद का आज पटना के दानापुर में गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया जायेगा उनका कल निधन हो गया था मूजफ्फरपूर के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय से अपराधियों ने पत्र के माध्यम से दस लाख रूपये रंगदारी की मांग की है इस संबंध में उन्होंने नगर थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करायी है कुख्यात नक्सली सुबोध बैठा ने मुजफ्फरपुर के एसएसपी जयंत कांत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया वह कई मामलों में वांछित था अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के चारों दोषियों के लिये नये सिरे से डेथ वारंट जारी किये जाने से जुड़ी खबर को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है फांसी की नई तारीख एक फरवरी दैनिक भास्कर ने इसी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है निर्भया के दोषियों को एक फरवरी को भी फांसी पक्की नहीं दैनिक जागरण की सुर्खी है मानव श्रृंखला के लिये बिहार तैयार कल रचेगा नया इतिहास प्रभात खबर ने लिखा है भारत ने दूसरे वन डे में छत्तीस रनों से ऑस्ट्रेलिया को दी शिकस्त दैनिक आज की सुर्खी है अप्रैल से ऑनलाईन जमा होगा भू लगान

छापेमारी में मोतिहारी से एक और गया से चार पुलिसकर्मियों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया